इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाईन के माध्यम से लोग एक शून्य शून्य नम्बर डॉयल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे और सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्पलाईन के जरिए जनमंच में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की निगरानी भी की जाएगी

मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकण्डा ने केन्द्र से रोहतांग और लाहौल स्पिति के लिए वायु सेना की उड़ानों में वृद्धि करने की मांग की है नई दिल्ली में कल केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे से भेंट के दौरान उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं व ज़रूरतों को देखते हुए क्षेत्र के लिए सप्ताह में तीन उड़ानों के बजाए पांच उड़ाने करवाई जाए मारकंडा ने बताया कि केन्द्रीय राज्य मंत्री ने इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है इस बीच कृषि मंत्री ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजु से भी मुलाकात कर लाहौल घाटी के लोगों की सुविधा के लिए रोहतांग टनल से सप्ताह में दो बार आवाजाही की मंजूरी देने का आग्रह किया महिला दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है

इस विषय का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों द्वारा नवाचार के माध्यम से लिंग समानता का लक्ष्य हासिल करना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला दिवस पर सभी नागरिकों विशेष रूप से देश की बेटियों को बधाई दी है जिन्होंने अपनी सफलता के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कल कांगड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय तकीपुर के वार्षिक समारोह के मौके पर ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों मे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्रयासरत है फ़सल बीमा प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आगामी खरीफ मौसम में भी जारी रहेगी इस योजना के तहत किसानों को मक्की व धान की फसलों पर बीमा कवर मिलेगा ये निर्णय फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति की शिमला में प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया मौसम प्रदेश में लोगों को मौसम की बेरूखी से अभी निज़ात मिलने की उम्मीद नहीं है राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है ऊना पीजीआई सैटेलाईट सैंटर पर अमर उजाला की सुर्खी है ऊना के पीजीआई सैटेलाइट सैंटर में मिलेंगी विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यमंत्री और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रखी नींव पंजाब केसरी का शीर्षक है ऊना को मिली पीजीआई सैंटर की सौगात दैनिक जागरण ने केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हवाले से लिखा है निचले तबके के लिए सुलभ हुआ इलाज़ जबकि आपका फैसला के शब्द हैं विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं जल्द कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी के हवाले से दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है हिमाचल कांग्रेस की रगों में जोश भर गए राहुल शाहपुर के चंबी में आम आदमी के हितों की बात के साथ प्रधानमंत्री पर प्रहार अमर उजाला का शीर्षक है पुलवामा हमले में कांग्रेस ने निभाई जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका मोदी ने किया राजनीतिकरण दैनिक जागरण लिखता है अर्द्वसैनिक बलों को भी देंगे शहीद का दर्ज़ा जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मोदी से देश को बचाने के लिए हिमाचल की चारों सीटें कांग्रेस को जिताएं

नमस्कार